केन्द्र सरकार ने कहा है कि रेलवे का निजीकरण नहीं किया जाएगा प्रदेशमर में इकतीस मार्च तक चलाया जा रहा है पोषण पखवाड़ा जानकारी इकट्ठा करने के लिए महिला और बाल विकास विभाग ने तैयार किया ऐप आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय में लगाई गई चित्र प्रदर्शनी का आज हुआ समापन

साथ ही पात्रतानुसार टीकाकरण के कार्य में भी सहयोग करें श्री बघेल ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सभी लोग मास्क लगाएं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें सेनेटाईजर का उपयोग करें और साबुन से बार बार हाथ धोएं इन उपायों का पालन कर कोरोना से बचा जा सकता है मुख्यमंत्री ने कहा कि टीका लगाने के बाद भी मास्क सुरक्षित दूरी और हाथों को साबुन से बार बार धोने जैसे उपायों का पालन करना जरूरी है वहीं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने के बाद जारी अपने वीडियो संदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जाहिर करते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है श्री सिंहदेव ने कहा है कि लोग सार्वजनिक कार्यक्रमों और भीड़भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि वह कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को रोकने में असफल रही है उन्होंने लोगों से कोरोना से बचाव संबंधी नियमों का पालन करने और टीका लगवाने का आग्रह किया

कल छह सौ पैंतालीस नये मरीजों की पहचान की गई इन्हें मिलाकर प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या करीब तीन लाख अट्ठारह हजार हो गई है जिनमें से तीन लाख दस हजार मरीज स्वस्थ हो चुके हैं वर्तमान में चार हजार अंठानवे मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है इस बीच राजधानी रायपुर कोरोना संक्रमण के एक्टिव मरीजों के मामले में देश में पांचवें स्थान पर है वहीं राज्य स्तरीय डेथ ऑडिट समिति की समीक्षा में पाया गया है कि प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या में इस माह के तीसरे सप्ताह में काफी इजाफा हुआ है बीते सप्ताह दो हजार छह सौ पचहत्तर कोरोना संक्रमित मरीज मिले जिनमें से सत्ताईस लोगों की मौत हुई है समिति के सदस्य डॉक्टर ओपी सुंदरानी ने कहा है कि सर्दी खांसी बुखार आदि के लक्षण आने के बाद चौबीस घंटों के भीतर कोरोना जांच कराई जाए उन्होंने यह भी कहा कि पैंतालीस अथवा साठ वर्ष के ऐसे लोग जिन्हें कोई दूसरी बीमारी है वे पूरी सतर्कता बरतें दुर्ग जिले में अब सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर दो सौ रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा इस संबंध में कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे ने निर्देश जारी कर दिए हैं कलेक्टर ने अधिकारियों से सार्वजनिक स्थलों पर सघन निरीक्षण अभियान चलाने को कहा है इस बीच प्रदेश में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं फ्रंटलाइन वर्कर्स और आम लोगों को कोविड टीके लगाए जा रहे हैं कल सर्वाधिक उनयासी हजार से अधिक लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया वहीं राजनांदगांव जिले में आज से को वैक्सीन टीका लगाया जा रहा है इसके लिए जिले में दो सौ पचास लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है कोरोना स्कूल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने रायपुर को सरकारी स्कूलों में नवमीं और ग्यारहवीं की परीक्षाएं ऑनलाइन लेने का निर्णय लिया है जिन स्कूलों में ऑनलाइन परीक्षा नहीं ली जा सकती हैं वहां ऑफलाइन परीक्षाएं होंगी मंडल के इस फैसले के बाद स्कूल प्रबंधन अब अपने स्तर पर परीक्षाएं आयोजित करेंगे गौरतलब है कि सीबीएसई स्कूलों में पहले ऑफलाइन परीक्षाएं लेने की तैयारी की गई थी लेकिन बाद में ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित करने का निर्णय लिया गया

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि रेलवे देश की सम्पत्ति है और हमेशा रहेगी मैं स्पष्ट कर दूं भारतीय रेल कभी प्राइवेटाइज नहीं होगी भारतीय रेल भारत की संपत्ति है भारत की रहेगी भारत के लोगों की रहेगी लेकिन आखिर रोड़ भी भारत की संपत्ति है तो क्या कोई कहता है कि रोड़ पे सिर्फ सरकारी गाडियां चलेगी ऐसा तो कोई नहीं कहता हैं न रोड के ऊपर जितनी ज्यादा गाडियां चलेगी उतना देश का हित है लोगों को सुविधा मिलेगी तो क्या रेलवे लाइन अगर एक बार लग गई तो उस पे भी कोशिश नहीं होनी चाहिए कि अच्छी सुविधाएं हमारे यात्रियों को मिले अच्छी स्पीड की ट्रेन चले और उसमें अगर कोई निजी निवेश आता है तो मैं समझता हूं उसका स्वागत होना चाहिए

समापन दिवस पर प्रश्न मंच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया इस प्रतियोगिता की विजेता दुर्गा कॉलेज की टीम बनी पांच दिवसीय इस आयोजन के दौरान हर रोज विविध प्रकार की प्रतियोगिताओं के अलावा लोक कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी गई यह आयोजन भारत सरकार के प्रादेशिक लोकसंपर्क कार्यालय पत्र सूचना कार्यालय और राज्य सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था पोषण पखवाडा केन्द्र सरकार के महिला और बाल विकास विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ में आज से पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है इकतीस मार्च तक चलने वाले इस पखवाड़े के तहत सुपोषण संबंधी संदेशों को लक्षित परिवारों तक पहुंचाने और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न आयोजन किए जाएंगे इस दौरान आंगनबाड़ी केन्द्रों में औषधि और फलदार पौधों का वितरण तथा रोपण पोषण वाटिका का निर्माण पोषण पंचायत का आयोजन क्पोषित बच्चों का चिन्हांकन और संदर्भन किया जाएगा पोषण के पांच सूत्रों के प्रचार प्रसार के लिए अंतरविभागीय समन्वय से सुपोषण रथ पोषण मेला एनीमिया कैम्प रैली क्रषक समूह की बैठक स्कूल आधारित गतिविधियां युवा और स्व सहायता समूह की बैठक जैसी गतिविधियों का आयोजन भी किया जाएगा पोषण पखवाड़ा का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य पोषण के प्रति हितग्राहियों को जागरूक करना और सेवाओं तक उनकी पहुंच को सुगम बनाना है राज्य के महिला और बाल विकास विभाग ने एक पोषण ट्रैकर ऐप बनाया है जिसके माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बच्चों किशोरियों और माताओं की पोषण प्रगति संबंधी जानकारी दिया करेंगी रोड सेफ्टी क्रिकेट टूर्नामेंट राजधानी रायपुर के शहीद वीरनारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज टी ट्वेटी क्रिकेट प्रतियोगिता में आज इंग्लैण्ड लीजेंड्स का मुकाबला वेस्टइंडीज लीजेंड्स से हो रहा है इससे पहले कल शाम खेले गए एक अन्य मैच में साउथ अफ्रीका लीजेंड्स ने बांग्लादेश लीजेंड्स को दस विकेट से पराजित किया इस बीच कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए हुए राज्य सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे मास्क लगाकर ही स्टेडियम में प्रवेश करें वहीं बिना मास्क लगाए मैच देखने आने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी उधर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे खेल संघ रायपुर मंडल की ओर से अंतर्विभागीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया

राज्य सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा और राज्य पुलिस सेवा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और उप पुलिस अधीक्षक स्तर के ग्यारह अधिकारियों के स्थानांतरण आदेश जारी किए हैं राष्ट्रीयकृत बैंकों के संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन द्वारा बैंकों के निजीकरण के विरोध में आज दूसरे दिन भी प्रदेश में हड़ताल जारी रही लोक निर्माण विभाग की ओर से बेरोजगार इंजीनियरों को राज्य में कार्य उपलब्ध कराने की योजना के तहत चौंतीस डिप्लोमा इंजीनियर चौंसठ डिग्रीधारी इंजीनियरों और दो प्रोजेक्ट मैनेजरों की नियुक्ति की गई है राजनांदगांव जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अजीत बसंत ने ग्राम पंचायत भरदाकला के सचिव को फर्जी हस्ताक्षर कर वेतन आहरण में धोखाधड़ी करने के मामले में निलंबित कर दिया है कोंडागांव जिले में सात सौ वर्ष पुराना मावली माता मेला निशा जात्रा पूजा के साथ शुरू हुआ कोरबा जिले के बालको में पांच सौ चालीस मेगावाट विद्युत संयंत्र में हुई एक दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल ठेका कर्मचारी की इलाज के दौरान मौत हो गई जांजगीर चांपा जिले के ठड़गाबहरा गांव में ट्रक की चपेट में आने से साइकिल सवार एक युवती की मौत हो गई कबीरधाम जिले में पुलिस ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है उसके पास से एक कम्प्यूटर और कलर प्रिंटर जब्त किया गया है